राज्य की दो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र द्मका और बेरमो में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न

कुपोषण दूर करने के लिए राज्यभर के दो हजार से अधिक घरों में दीदी बाड़ी योजना प्रारंभ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

झारखंड में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोरोना संकमण के तीन सौ संतानबे नये मरीजों की पुष्टि हुई इसके साथ ही राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या एक लाख दो हजार आठ सौ सतासी हो गई है स्वास्थ्य विमाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अबतक छियानबे हजार नौ सौ पचहत्तर संक्रमित लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं और अब पांच हजार इक्कीस सकिय मामले बचे हैं स्वस्थ होने की दर चौरानबे दशमलव दो पांच प्रतिशत हो गयी है

उन्होंने यह भी कहा कि देश को कुछ राज्यों में अक्टूबर की तुलना में नवंबर में सक्रिय मामले बढ़ रहे हैं से से राज्य की दो विधानसभा सीटों दुमका और बेरमो में हो रहे उपचुनाव के लिए कल मतदान की प्रकिया संपन्न हो गयी

यहां जेएमएम के बसंत सोरेन और भाजपा की लुईस मरांडी के बीच कड़ा मुकाबला है यहां कृल बारह उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं दमका जिले की उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजेश्वरी बी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों का मतदान के दौरान सख्ती से पालन किया गया

भारतीय जनता पार्टी के योगेश्वर महतो बादल और कांग्रेस के कमार जयमंगल सिंह सहित सोलह उम्मीदवारों के लिए मतदाताओं ने अपने फैसले पर मुहर लगाई मतदान के दौरान बूथों में सैनिटाइजर हैंडग्लब्स और मास्क की व्यवस्था की गयी थी इस मौके पर मतदाताओं ने सामाजिक दूरी का भी पालन किया

भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी आज और कल बिहार में एनडीए के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जन धन खातों सहित बैंक के साठ करोड़ बचत खातों पर कोई सेवा शुल्क नहीं लगता है वित्त मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के कृष्ठ बैंक सेवा शुल्कों में वृद्धि कर रहे हैं मंत्रालय ने कहा है कि शुल्कों में कोई वृद्धि नहीं की गई है बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस महीने से प्रति माह निःशुल्क नकदी निकालने और जमा कराने की संख्या में कुछ बदलाव किए थे इनके तहत हर महीने निःशुल्क नकदी लेन देन की संख्या पांच बार से घटाकर तीन बार कर दी गई थी बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया है कि उसने कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये बदलाव वापस लेने का फैसला किया है सार्वजनिक क्षेत्र के किसी अन्य बैंक ने हाल में कोई शल्क नहीं बढ़ाया है भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित सभी बैंकों को अपनी सेवाओं के लिए उचित पारदर्शी और निष्पक्ष तर्रीके से शुल्क लगाने की अनुमति है

दीदी बाड़ी योजना से कृपोषण को दूर करने का लक्ष्य रखा गया है इस योजना के अंतर्गत अब तक राज्यभर के दो हजार छह सौ चौदह से अधिक घरों में काम शुरू कर दिया गया है सरकार की इस योजना से सब्जी उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे लामुकों को लाम मिलेगा

बेरमो व द्मका में उपच्नाव की वजह योजना के अंतर्गत काम नहीं प्रारंभ हो सका है इसके अंतर्गत जल संचय एवं खाद का गड्डा का निर्माण भी किया जायेगा एनएचएआई ने लोहरदगा जिले के कुड्डू से पलामू तक की सड़क को फोरलेन करने का फैसला टाल दिया है

जिसमें पाया गया कि इस सड़क पर ट्रैफिक नहीं है इसलिए इस सड़क को फोरलेन करना आवश्यक नहीं है

दूसरा सेक्शन बीजुपाड़ा से कुडू सेक्शन तक सड़क फोरलेन बनाया गया कुडू से आगे सड़क चौड़ी करने की योजना थी जिसे अभी टाल दिया गया रांची के उपायुक्त छविरंजन ने रांची रोशनी प्रोजेक्ट के तहत शिक्षा विभाग को कल सात सौ सोलर लाइट सौंपे शिक्षा विमाग को उपलब्ध कराये गये ये सोलर लाइट सुद्र ग्रामीण क्षेत्रों के वैसे छात्रों को उपलब्ध कराये जायेंगे जहां अबतक बिजली नहीं पहुंच पायी है रांची की रोशनी परियोजना जिला प्रशासन द्वारा लाईट की समस्या के समाधान के लिए शुरु की गयी पहल है आनेवाले दिनों में परियोजना के तहत शिक्षा विभाग को और भी सोलर लाइट उपलब्ध कराये जायेंगे झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की डबल बेंच में प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ दिए जाने के मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई यह मामला द्वितीय तृतीय और चतुर्थ समिति प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़ा है इसके विज्ञापन में कहा गया था कि उसी व्यक्ति को आरक्षण मिलेगा जिसके पास झारखंड का जाति प्रमाण पत्र होगा बिहार से झारखंड में तबादला होकर आए अखिलेश प्रसाद ने याचिका में कहा है कि उन्हें शर्तों के मुताबिक आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए उन्हें बिहार में आरक्षण का लाभ मिल रहा था दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए तीन दिसंबर की तिथि निर्धारित की है इधर न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में निजी स्कूलों के फीस माफी मामले पर भी सुनवाई हुई

गढ़वा जिले में पशुओं में बीमारियों से हो रही मौत से बचाव के लिये तीन नवंबर से टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है

कार्यक्रम में पेंटिंग प्रदर्शनी और प्रस्कार वितरण किया जायेगा उत्सव के दसरे दिन कल राज्य के विभिन्न जलाशयों और नदियों में दीप उत्सव एवं रंगोली कार्यक्रम आयोजित किये गये राजधानी स्थित बड़ा तालाब और करमटोली तालाब में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ करमटोली तालाब परिसर में नगर आयुक्त मुकेश कुमार और उपायुक्त छवि रंजन की मौजूदगी में सैकड़ों दीप जलाये गये वहीं नगड़ी अंतर्गत स्वर्णरेखा उदगम स्थल पर भी दीये जलाये गये दीपोत्सव के दौरान अधिकारियों ने उपस्थित लोगों को स्वच्छता शपथ दिलाई शारजाह में कल आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुम्बई इंडियंस को दस विकेट से हरा कर प्लेऑफ में स्थान पक्का कर लिया

कल प्लेऑफ के पहले मैच में मुंबई इंडियन्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा मैच दुबई में खेला जाएगा

प्रभात खबर ने आदिवासी धर्म कोड के लिए ग्यारह नवम्बर को विशेश सत्र बुलाए जाने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने छात्रवृति घोटाले की जांच के आदेश की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अखबार ने दल बदल मामले में बाबलाल मरांडी प्रदीप यादव और बंध तिर्की पर मामला दर्ज होने की खबर को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है झारखंड के विरोध के बाबजूद कोयला खदानों के खनन बिक्री में नीजि कंपनियों की भागीदारी शुरू की खबर को दैनिक भास्कर ने अपनी पहली सुर्खी बनाया है दैनिक जागरण ने अलकायदा से जूड़े पचास आंतकियों को फांस द्वारा मारे जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है रांची एक्सप्रेस ने झारखंड में कोरोना संक्रमण का रिकवरी रेट चौरानबे प्रतिशत से अधिक होने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है अंग्रेजी में प्रकाशित द टाइम्स ऑफ इंडिया ने बिहार विधानसमा के दूसरे चरण में चौवन प्रकाशित वोटिंग होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है वहीं हिन्दुस्तान टाइम्स ने वियना में आंतकी हमले की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है